रेलवे किराया रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मामूली अधिक किराये वाली पैसेंजर और कम दूरी की अन्य रेलगाडियां चलाई गई ताकि लोग परिहार्य और गैरजरूरी यात्राओं से बचें ये किराये समान दूरी के मेल और एक्सप्रेस रेलगाडियों के अनारक्षित किराये के समान तय किये गए थे

यह निर्देश मध्य क्षेत्र विद्य्त वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने गोविन्दप्रा स्थित कंपनी म्ख्यालय में आयोजित समन्वय बैठक में दिए